देर रात तक चलाया गया तलाशी और बचाव अभियान

रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट एनडीए में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच भाजपा ने कहा है कि गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र क्शवाहा द्वारा सीटों के बंटवारे को लेकर तीस नवंबर की समय सीमा तय करने पर कडी प्रतिक्रिया व्यक्त की है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व राज्य में जमीनी हकीकत के आधार पर सीटों का सम्मानजनक बंटवारा करेगा श्री मोदी ने एक टिवट में कहा कि कुछ लोगों को अपने बारे में इतनी गलतफहमी हो गई है और वे लगातार गठबंधन धर्म के विपरीत आचरण कर महागठबंधन के चार्जशीटेड नेताओं तक से मुलाकात कर रहे हैं गौरतलब है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलायी थी बैठक के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के लिये भाजपा से सम्मानजनक सीटों की मांग की थी और सीटों के बंटवारे को लेकर तीस नवम्बर की समयसीमा तय कर दी थी स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के उनतीस कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है जांच में पाया गया था कि इस वर्ष फरवरी में लैब टेक्निशियन ऑपरेशन थियेटर सहायक एक्स रे टेक्निशियन और ड्रेसर के पदों पर गलत तरीके से संविदा पर नियुक्तियां की गयी थी विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता और तीन अन्य चिकित्सकों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की सिफारिश की गयी है राजधानी पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में ग्यारह फीट गहरे नाले में गिरे दस वर्षीय बच्चे दीपक का सुराग नहीं मिल पाया है कल देर रात तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने खूले नाले में गिरे बच्चे की तलाश की लेकिन बचाव दल को सफलता नहीं मिल सकी गौरतलब है कि दीपक कल घर लौटते वक्त दिन के डेढ़ बजे इस नाले में गिर गया था इसमें कीचड़ और गंदगी के कारण बचाव दल को उसका पता लगाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आज फिर से तलाशी अभियान चलाया जायेगा परिवहन विभाग में चार सौ छप्पन सिपाहियों की निय्क्ति की जायेगी परिवहन मंत्री संतोष निराला ने कहा है कि उत्पाद विभाग की तर्ज पर जल्द परिवहन विभाग भी बल का गठन करेगा इसके लिये नियमावली तैयार कर ली गयी है उन्होंने कहा कि नियुक्तियों की मंजूरी के लिये इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा जायेगा अगले वर्ष की हज यात्रा के लिये आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर बारह दिसम्बर कर दी गयी है केंद्रीय हज कमिटी की बैठक में कल इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी गौरतलब है कि पासपोर्ट बनाने में परेशानियों के चलते कम संख्या में आवेदन आये थे प्रदेश में भी हज पर जाने के लिये केवल तीन हजार लोगों ने आवेदन किया था जबकि बिहार का कोटा बारह हजार से अधिक हज यात्रियों का है दरभंगा पुलिस ने मुंबई के एक आभूषण व्यवसायी के एक करोड़ चौतीस लाख से अधिक मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण लेकर फरार अपराधी को बहादुरपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोटही गांव में छापेमारी कर आरोपी फुलो मुखिया और उसके एक सहयोगी को चोरी के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया लोकसभा का शीतकालीन सत्र अगले महीने की ग्यारह तारीख से शुरू होकर आठ जनवरी दो हजार उन्नीस तक चलेगा इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति ने ग्यारह दिसंबर दो हजार अठारह से आठ जनवरी दो हजार उन्नीस के बीच संसद का शीतकालीन सत्र बुलाये जाने की सिफारिश की थी केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा है कि सरकार जल्द ही ई कामर्स नीति की घोषणा करेगी मुम्बई में एक पुरस्कार समारोह में श्री प्रभू ने कहा कि उद्योग जगत के सभी पक्षों ने नई नीति का मसौदा तैयार किया है और अब इसे औद्योगिकी नीति विभाग की मंजूरी मिलने का इंतजार है वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि सरकार विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानती है लेकिन नीति भारत सरकार ही बनाएगी केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश में कोयले के उत्पादन और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने मुंबई में एक समारोह में कहा कि पिछले चार वर्षो में प्रमुख क्षेत्रों में स्थिति में सुधार आया है श्री गोयल ने कहा कि चार वर्ष पहले की अपेक्षा भारत अब कोयले का कम आयात किया जा रहा है और कोयले की गुणवत्ता भी अब काफी बेहतर है केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष अजय भूषण पांडेय को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है वहीं राजस्व विभाग के विशेष सचिव गिरिश चंद्र मुर्मू को व्यय सचिव होंगे श्री पाण्डेय मौजूदा वित्त और राजस्व सचिव हंसमुख अढ़िया की सेवा निवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे श्री अढ़िया तीस नवम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी स्थित एमएस कॉलेज ग्राउंड में आज से बारह दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत एनसीसी शिविर का आयोजन किया जा रहा है शिविर में बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के छह सौ एनसीसी कैडेट्स शामिल हो रहे हैं इस दौरान खेल कूदसांस्कृतिक आदान प्रदान लोक गीत और संगीत के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इस दौरान एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर रंगारंग झांकी भी निकाली जायेगी पश्मिच चंपारण के प्रसिद्ध बाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व को आज से जंगल सफारी के लिये खोल दिया जायेगा लोग वाहन से टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर सकेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शुभारंभ करेंगे सी के नायडू क्रिकेट ट्रॉफी के प्लेट ग्रूप के मुकाबले में बिहार और पुड्चेरी का मैच ड्रा हो गया है बिहार की ओर से बल्लेबाज सचिन क्मार सिंह ने बहत्तर रनों की पारी खेली और किसी तरह टीम को हार से बचाया

सभी अखबारों ने फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित घर की कूर्की जब्ती की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्द्रस्तान लिखता है पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की चल संपत्ति कुर्क दैनिक भास्कर की सुर्खी है मंजू के घर से पलंग बरतन के साथ खिड़की किवाड़ भी ले गयी पुलिस रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा लोकसभा टिकटों के बंटवारे को लेकर भाजपा के लिये तीस नवम्बर की समयसीमा तय किये जाने की खबर को भी सभी अखबारों ने जगह दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है शाह से नहीं करेंगे बात भाजपा को अल्टीमेटम प्रभात खबर राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने नाले में फंसे दस वर्षीय बच्चे दीपक को निकालने के लिये चलाये जा रहे अभियान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दानापूर में घूसखोर क्लर्क और बेगूसराय के अपर समाहर्ता की रिश्वत लेते हये गिरफ्तार होने की खबर सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खियां है

देर रात तक चलाया गया तलाशी और बचाव अभियान

रात के तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट